राज्य पुलिस ने अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए फोन नंबर जारी किया

कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सारे ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा तथा अधिकारियों से चर्चा कर प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की स्वास्थ्य उन्होंने सभी जिलों में सजगता और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चिंता की स्थिति नहीं है यहां एक भी संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजीटिव नहीं आई है स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम को भी अलर्ट रहने को कहा है इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचने और उसे फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के निकट में आने से बचें अपने हाथ साब्न से बार बार धोते रहें वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज कांग्रेस विधायक शैलेष पांडेय द्वारा लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि चीन से आयातित सामानों जैसे होली के रंग गुलाल पिचकारी आदि से कोरोना वायरस फैलने की संभावना नहीं है इस बीच दुर्ग जिले से एक संदिग्ध व्यक्ति का ब्लड सैंपल जो कल जांच के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट आ गई है

इस तरह से राज्य में अभी तक कोरोना वायरस से प्रभावित कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है

प्रश्नकाल में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की विधायक रेणु जोगी ने गौठानों में चरवाहों को नहीं रखे जाने का मामला उठाया इस दौरान मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री की ओर से कहा जाता है कि प्रदेश में एक हजार गौठान बनाए गए हैं वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ और बताया जाता है इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अगले सवाल के लिए दूसरे विधायक का नाम पुकारा इस बीच भाजपा विधायक गोठानों की पूरी जानकारी दिए जाने की मांग करते रहे इसके बाद भाजपा विधायकों द्वारा आज की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया इस बीच आज कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने प्रदेश में गौठान निर्माण और चरवाहों को मजदूरी दिए जाने को मनरेगा में शामिल करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया जिसे चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया गया इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही होली त्यौहार के मद्देनजर आगामी सोलह मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है

श्री अवस्थी ने सीआईडी के पुलिस अधीक्षक अरविंद कज़र को इस सेल का नोडल अधिकारी बनाया है डीजीपी ने बताया कि राज्य के किसी भी क्षेत्र के नागरिक अवैध शराब की जानकारी दे सके इसके लिए फोन नंबर नौ चार सात नौ एक नौ शून्य चार चार एक जारी किया गया है इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति कभी भी अवैध शराब की बिक्री या परिवहन के संबंध में शिकायत कर सकते हैं इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी इस नंबर पर व्हाट्सअप के जरिये फोटो भी भेजे जा सकते हैं फेक न्यूज चेतावनी राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय फेक न्यूज नियंत्रण और विशेष मॉनिटरिंग सेल ने पिछले कुछ दिनों से प्रचारित और प्रसारित की जा रही फेक न्यूज को संज्ञान में लिया है साथ ही ऐसी खबरों के प्रकाशन प्रसारण और अग्रेषण से बचने के लिए चेतावनी भी जारी की है मॉनिटरिंग सेल ने पाया कि एनआरसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टेट रजिस्टर ऑफ जर्नलिस्ट कोरोना वायरस तथा आयकर छापों को लेकर अतिश्योक्तिपूर्ण और तथ्यहीन समाचार सोशल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर आए हैं मॉनिटरिंग सेल ने ऐसी खबरें जारी तथा अग्रेषित करने वाले व्हाट्सअप ग्रुप के एडमिन मीडिया हाउस के संचालक और संपादकों की भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने का निर्णय लिया है बैठक में फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए जनभागीदारी से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया वहीं आवश्यक पड़ने पर मॉनिटरिंग सेल फेक न्यूज भेजने वालों के लिए प्रकरण दर्ज कराने की पहल भी करेगी

सभी मृतक बीजापुर के रहने वाले हैं मिली जानकारी के मुताबिक एक कार में सवार होकर पांच लोग जगदलपुर से बीजापुर जा रहे थे इसी दौरान गीदम बारसूर मार्ग पर गणेशबहार नाला के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई इस हादसे में कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई हवाई पट्टी अवलोकन कोरिया जिला मुख्यालय में आज नागर विमानन विभाग के सचिव टामन सिंह सोनवानी और उनकी टीम ने कलेक्टर डोमन सिंह के साथ जिले में हवाई पट्टी बनाने के लिए संभावित स्थलों का हवाई सर्वे किया टीम ने ग्राम सलका के मैको परचा बस्ती और सरभोका तथा कुड़ेली में जाकर निरीक्षण किया इससे पहले सचिव श्री सोनवानी ने कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए गौरतलब है कि तीन मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट में भी बैकुठपुर में एयर स्ट्रिप के लिए राशि का प्रावधान किया गया है विश्व बधिरता दिवस प्रदेश में विश्व बधिरता दिवस कर्ण देखभाल जागरूकता अभियान पखवाड़ा जा रहा है यह पखवाड़ा आगामी सत्रह मार्च तक चलेगा इसी कड़ी में कल बलरामपुर में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस मौके पर विशेष शिविर भी लगाया गया जिसमें कान की बीमारी से संबंधित एक सौ पचास लोगों का परीक्षण तथा उपचार किया गया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जगहों पर बारिश होने की खबर है राजनांदगांव में बारिश के साथ ओले भी गिरे मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर और कोंडागांव में जमकर बारिश हुई वहीं राजनांदगांव में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं वहीं अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश से तमिलनाड् तक एक चक्रवात बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में बारिश हो रही है

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भारतीय जनऔषधि केन्द्रों के साथ संवाद करेंगे कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है यह जानकारी नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में दी गई है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जेलों में क्षमता से अधिक बंदी होने के मामले में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू कर दी है अंबिकापुर केंद्रीय जेल में बीती रात एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इस मामले में जेल अधीक्षक ने दो प्रहरियों को निलंबित कर दिया है कांकेर जिले के पतकालबेड़ा में माओवादियों द्वारा लगाए गए चार आईईडी को बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया बालोद जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया सरगुजा जिले के ग्राम झींगों में एक स्कूल के भवन निर्माण कार्य के दौरान सेंटरिंग प्लेट गिरने से कक्षा में पढ़ रहे चार बच्चे घायल हो गए हैं घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल लाया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा होली त्यौहार के मद्देनजर आगामी आठ मार्च को एक फेरे के लिए दुर्ग पटना के बीच होली एक्सप्रेस चलाई जाएगी जांजगीर में आगामी तेरह से पंद्रह मार्च तक होने वाले जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव और कृषि मेला को स्थगित कर दिया गया है